आओ कोरोना को हराए कोविड उचित व्यवहार के पालन को जन आंदोलन बनायें कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी स्रक्षा उपायों का पालन करें और सभी पात्र लाभार्थी बेहिचक टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

मुख्यमंत्री ने आज आज सिरसा मे पत्रकारों से बाचीत के दौरान ये घोषणा की राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक टवीटर संदेश के माध्यम से कहा कि तालाबंदी कल सोमवार से शुरू होकर एक सप्ताह तक की जायेगी ये निर्णय बढ़ते कोरोना मामलों की लड़ी को तोड़ने के लिए लिया गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में कोरोना के गंभीर मरीज़ों को सबसे पहले उपचार देकर उनकी जान बचाने पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रही है सरकार ने ऑक्सीजन के वितरण का विशेष प्रबंधन किया है ताकि सभी अस्पतालों को निर्धारित मात्रा के अनुसार ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाई जा सके

श्री विज ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों व वैक्सीनेशन केन्द्रोर पर निःश्ल्क टीकाकरण किया जाएगा

कृषि मंत्री जे पी दलाल ने कहा है कि भिवानी व चरखी दादरी जिलो में एक भी व्यकित को कोरोना महामारी में स्विधाओं की कमी नहीं होने दी जायेगी कृषि मंत्री आज कोरोना वैकसीन की दूसरी ख्राक लगवाने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उनहोंने कहा कि वे भिवानी व चरखी दादरी जिले मे स्वास्थ्य सेवाओं की देखरेख करेंगे और कल से एक समिति गठित की जायेगी जो जरूरत जो हर चीज समय पर उपलब्ध करवायेगी पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री ने बताया कि टीका केन्द्रों पर अधिक भीड़ न हो इसके लिए वैक्सीन केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जायेगी श्री दलाल ने बताया कि भिवानी में अब तक एक लाख तीस हजार लोगों का टीकाकरण हो च्का है और प्रतिदिन चार से पांच हजार लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के ऑक्सीजन की पूर्ति व उपलब्धता बढ़ाने के लिए गैस आधारित ऑक्सीजन के उपयोग का समीक्षा करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की इस बैठक में गैस आधारित ऑक्सीजन के मेडिकल प्रयोग बारे चर्चा की गई इस्पात कारखाने तेल शोधन कारखाने और बहत सी औद्योगिक ईकाइयां के पास ऑक्सीजन संयंत्र है जो गैस रूपी ऑक्सीजन का उत्पादन करते है गैस के रूप में ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले उद्योगों की पहचान की जा रही है जहां से कोविड केयर केन्द्रों तक ऑक्सीजन पहुंच जा सकें ऐसे में इन उद्योगों के बिल्क्ल नजदीक अस्थाई कोविड केयर केन्द्र भी बनाए जा सकते है जहां ऑक्सीजन की पूर्ति सीधे तौर पर की जा सके

हालांकि देश में केवल एक दिना में इस संक्रमण से मुक्त होने वाले वाले रोगियों की संख्या तीन लाख से अधिक दर्ज की गई है

ऑक्सजीन की कमी को पूरा करने के लिए कल शाम दो ऑक्सीजन एक्सप्रेस फरीदाबाद रेलवे स्टेश्न पहंची

इस ऑक्सीजन टैंकर को भारी प्लिस बल की निगरानी मे गुरूग्राम रवाना किया गया जहां से उसे प्रदेश के विभिन्न जिलों को भेजी जायेगी स्टेशन अधीक्षक श्री एक के गोयल ने जानकारी देते हये बताया कि इनमें से एक रेलगाड़ी राउरकेला जबकि द्सरी रेल गाड़ी अंग्ल से से आई है हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपीदलाल ने कहा कि प्रदेश में किसानों की ख्शहाली का संकेत है कि इस बार गेहं की विगत सीजन की अपेक्षा बंपर पैदावार हई है

पलवल के इस माईक्रो कंटेनमेंट क्षेंत्रों में डयूटी मैजिस्ट्रेट व स्वास्थ्य विभाग के एमडीएम पलवल कंटेनमेंट प्लान के दिशा निर्देशे के अन्सार सभी आवश्यक हिदायतों का सख्ती से अन्पालन सुनिश्चित करेंगे

कैम्प का शुभारम्भ विधायक असीम गोयल ने करते हुए लोगों को काढ़ा वितरित करके किया इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हए उन्होंने कहा कि कोरोना माहामारी का प्रकोप प्रे संसार में फैल रहा है भारत भी इससे अछता नही है बहत से तरीकों के माध्यम से कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने की दिशा में कार्य किये जा रहे हैं